सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

नवरात्रि की अष्टमी पर देवी के आठवें स्वरूप महागौरी की होगी प्रजा अर्चना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हई बैठक में यह फैसला लिया गया कोविड टीकाकरण के इस तीसरे चरण में सभी सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर पात्र लोगों को पहले की तरह मुफ्त टीके लगाये जायेंगे

वैक्सीन निर्माता राज्य सरकार तथा खुले बाजार में उपलब्ध होने वाली वैक्सीन की कीमत पारदर्शी रूप से पहले से ही घोषित करेंगे

उन्होंने संक्रमण की दूसरी लहर की स्थिति और उसके उपचार नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की स्वास्थ कर्मचारियों अधिकारियों फ्रंटलाईन वर्कर्स और उनके परिजनों के स्वास्थ की भी जानकारी ली निशुल्क राशन प्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की द्वकानों से एक साथ तीन माह का राशन निःशुल्क मिलेगा राशन वितरण के अंतर्गत पात्र परिवारों को माह अप्रैल मई एवं जून का राशन निःशुल्क एकमुश्त अप्रैल में प्रदान किया जाएगा जिन हितग्राहियों ने अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया है उन्हें माह जून का राशन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा वृद्वजनों और निःशक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राशन उनके घर तक पहुँचाए जाने की व्यवस्था की गई है

सुदर्शन चक कोर कमांडर अतुल्य सोलंकी और ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में कल यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कल ही केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सेना से सहयोग करने के संबंध में चर्चा की थी संभवतः देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सेना के संसाधनों का इस्तेमाल शुरू किया है

आज देवी के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है इस अवसर पर श्रद्धालु देवी की विशेष पूजा अर्चना और हवन करेंगे कई स्थानों पर कन्याओं को भोजन भी कराया जाएगा कई श्रद्वालु आज महागौरी और देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप के पूजन के पश्चात व्रत का पारायण भी करते हैं वहीं परम्परानुसार कई श्रद्धालु कल नवमी के अवसर पर कुल देवी की पूजा के पश्चात अपने व्रत का समापन करते हैं राजधानी भोपाल के समीप सलकनपुर देवी मंदिर सतना में मैहर की मां शारदा देवी मंदिर देवास में तुलजा भवानी मंदिर दतिया और आगरमालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर सहित उज्जैन के हरसिद्वि देवी मंदिर में आकर्षक साजसज्जा की गई है सभी देवी मंदिरों में केवल पुजारी पूजा अर्चना कर करेंगे कल ही भगवान श्रीराम के प्राकट्य उत्सव के रूप में श्री रामनवमी मनाई जाएगी कोविड के दिशा निर्देशों को देखते हए देवी मंदिरों में श्रद्धाल् पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे साथ ही भंडारो और कन्याभोज के आयोजन नहीं होंगे रा श्री रामनवमी को चल समारोह आदि भी नहीं निकाले जा सकेंगे

उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुम्बई इंडियन्स से होगा यह मैच शाम साढ़े सात बजे चेन्नई के एकएम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा

इसे मिलाकर देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढकर एक करोड पचास लाख से अधिक हो गई है

कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि यह प्रतिबंध जनता के हित में हैं